इस दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारम्म लोकसभा और राष्ट्रमंडल संघ की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन करेंगी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया है कि सम्मेलन के दौरान ई विघान प्रणाली पर प्रस्तुति दी जाएगी उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश में लोक सभा और विघानसभाओं के एक साथ चुनाव और मादक पदार्थों का बढ़ता सेवन दुष्प्रभाव एवं समाधान पर भी चर्चा होगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

मौ सम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में बीती रात से रूक रूककर वर्षा का कम जारी है जनजातीय जिला किन्नौर की उंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के अधिकतर स्थानों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है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 अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है अक्तूबर में नियमित होंगे हजारों अनुबंध कर्मचारी शोध न करने पर विश्वविद्यालयों को फटकार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल की जयराम सरकार ने सालों से श्रेष्ठ भारत उन्नत भारत पर शोध न करने पर मांगा जवाब राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज शीर्षक से अजीत समाचार ने लिखा है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन करेंगी सम्मेलन की अध्यक्षता आपका फैसला के शब्द हैं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का शिमला में भव्य स्वागत नया इतिहास रचने के आसार आपका फैसला ने केंद्रीय मंत्री जे पी नडडा के हवाले से लिखा है स्वच्छता अभियान गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी नहीं फैलेंगी बीमारियां

अजीत समाचार के शब्द हैं प्रदेश के तीनों हवाई अडडों से नियमित रूप से चलेगी हैली टैक्सी मुस्लिम समुदाय ने पहले मंदिर में माथा टेका फिर निकाला ताजिया शीर्षक से अमर उजाला ने खबर को बॉक्स में सचित्र प्रकाशित किया है

अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र भी आएंगे टाउन एंड कंटरी प्लानिंग की जद में आपका फैसला की एक ख ाबर है

चंबा पठानकोट पर हुई कार दुर्घटना को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है चंबा में कार खाई में गिरी पति पत्नी की मौत इसी पत्र के अनुसार अदालत ने वीरमद्र के आवेदन पर ईडी से मांगा जवाब एचआरटीसी अफसरों की भर्ती में धांधली शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है जांच कमेटी ने लिखित परीक्षा की गोपनीयता पर उठाए सवाल भर्ती रद्द सरकार में ओहदे बांटे जाने का रास्ता साफ हिमाचल दस्तक की एक खबर है एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर आसमान से धरती के प्रश्न शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है भाजपा के सियासी प्रस्ताव जाहिर तौर पर आशावादी हैं और कांग्रेस से कहीं अधिक फौलादी लेकिन सत्ता के पैमानों का जिक कैसे होगा यह तो केवल जनता का मूड बताएगा